गया जिले के बुनियादगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत मानपुर के पठान टोली से कोलकाता एटीएस की टीम ने संदिग्ध आतंकी तौफीक रजा उर्फ एजाज अहमद को गिरफ्तार कर लिया बताया जा रहा है कि तौफीक रजा का संबंध बांग्लादेशी आतंकी संगठन जमात उल मुजाहिद्दीन से है उन्नीस जनवरी दो हजार अठारह को बोधगया में विस्फोट मामले में इसी संगठन का हाथ था आईजी अभियान सुशील एम खोपड़े ने बताया कि बंगाल एटीएस की टीम ने ख़ुफिया सूचना के बाद गया पुलिस से संपर्क किया और संयुक्त छापेमारी में यह सफलता हासिल की गया के सिटी एसपी मंजीत ने बताया कि संदिग्ध आतंकी अपनी पत्नी और तीन बच्चों के साथ नाम पता बदलकर गया के पठान टोली में रह रहा था सिटी एसपी ने कहा कि पकड़े गये आतंकी के घर से एक लैपटॉप और कुछ जेहादी दस्तावेज भी बरामद किये गये हैं आतंकी को गया कोर्ट में पेश किया गया जहां अदालत ने उसे कोलकाता ले जाने का आदेश दे दिया है सारण जिले के मढ़ौरा में हुए दारोगा और सिपाही हत्याकांड की नामजद अभियुक्त जिला परिषद् अध्यक्ष मीणा अरूण को पुलिस ने आज गिरफ्तार कर लिया सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार पुलिस अधीक्षक हरिकिशोर राय ने नगर थाने में गिरफ्तार मीणा अरूण से पूछताछ की है पूछताछ में कई महत्वपूर्ण जानकारी मिलने की बात कही जा रही है इधर इस मामले के एक अन्य आरोपी अभिषेक कुमार सिंह ने छपरा की सीजेएम कोर्ट में समर्पण कर दिया है गौरतलब है कि बीस अगस्त को मढ़ौरा के मशरख बाजार में दारोगा मिथिलेश कुमार शाह और सिपाही अफरोज आलम की अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि नक्सल समस्या से निपटने के लिये केन्द्र और राज्य सरकारों को मिलकर काम करना होगा श्री कुमार ने आज नई दिल्ली के ज्ञान भवन में कोन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई नक्सलवाद पर वाम उग्रवाद प्रभावित राज्यों की बैठक में कहा कि नक्सलवाद से निपटने के लिये केवल योजना बनाने और उसकी समीक्षा करने से जिम्मेदारी पूरी नहीं होती बल्कि इससे निपटने को लिये प्रभावी तरीके से काम करने के लिये केन्द्र को सार्थक पहल करनी होगी उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार को नक्सलवाद के विरूद्व कार्रवाई के लिये राज्य पर पड़ने वाले आर्थिक बोझ को मिल बांटकर वहन करना होगा बैठक को संबोधित करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि वामपंथी उग्रवाद लोकतंत्र के विचार के खिलाफ है और सरकार इसे जड़ से उखाड़ फेंकने के लिये कटिबद्ध है भागलपुर जिले के मधुसूदन थाना क्षेत्र अंतर्गत रामपुर गांव से पुलिस ने कुख्यात अपराधी कन्हैया यादव को गिरफ्तार कर लिया है वरीय पुलिस अधीक्षक आशीष भारती ने बताया कि गिरफ्तारी अपराधी के खिलाफ लूट हत्या रंगदारी और अपहरण जैसे कई संगीन मामले जिले के विभिन्न थानों में दर्ज हैं उन्होंने बताया कि भागलपुर शहर में पिछले दिनों हुए गैस एजेंसी कर्मचारी से चौदह लाख रूपये लूट मामले में ये अपराधी शामिल था इसके साथ ही स्थानीय रेल थाना क्षेत्र में भी कन्हैया यादव के खिलाफ कई मामले दर्ज हैं एके सैंतालीस रायफल और हैंड ग्रेनेड बरामदगी मामले में बेऊर जेल में बंद मोकामा के निर्दलीय विधायक अनंत सिंह की रिमांड के लिये पटना प्रलिस आज भी अर्जी दाखिल नहीं कर सकी

केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और कस्टम बोर्ड ने अधीक्षक और प्रशासनिक अधिकारी स्तर के बाईस वरिष्ठ अफसरों को भ्रष्टाचार और अन्य आरोपों के कारण जबरन रिटायर कर दिया है सूत्रों के अनुसार यह फैसला स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री के भाषण में की गई घोषणा के आधार पर लिया गया है प्रधानमंत्री ने लालकिले की प्राचीर से कहा था कि संभव है कि प्रशासन में कुछ भ्रष्ट लोगों ने सत्ता का दुरुपयोग करके ईमानदार करदाताओं को मामूली चूक पर जरूरत से ज्यादा परेशान किया हो उन्होंने कार्रवाई का संकेत देते हुए कहा था कि ऐसा व्यवहार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा पटना उच्च न्यायालय ने फर्जी डिग्री के आधार पर राज्य के स्कूलों में बहाल शिक्षकों के मामले में राज्य सरकार और निगरानी विभाग से छह सप्ताह में कार्रवाई का ब्यौरा मांगा है न्यायमूर्ति शिवाजी पाण्डेय और न्यायमूर्ति पार्थसारथी की खंडपीठ ने एक लोकहित याचिका की सुनवाई करते हुए आज कहा कि मामले की जांच कर रहे निगरानी विभाग द्वारा आरोपियों के खिलाफ अब तक प्राथमिकी भी दर्ज नहीं किया जाना अदालत के निर्देश की अवमानना है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी उनतीस अगस्त से फिट इंडिया मूवमेंट की शुरूआत करेंगे इस कार्यक्रम का मकसद है देश के प्रत्येक नागरिक विशेष तौर पर छात्रों में शारीरिक गतिविधियों और खेल के प्रति रूचि पैदा करना है शिक्षा विभाग ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी किया है कि सभी विद्यालयों में फिट इंडिया मूवमेंट कार्यक्रम का प्रसारण अनिवार्य रूप से दिखाया जाये जारी निर्देश में कहा गया है कि इसके लिये तय तारीख से पूर्व ही सभी तैयारियां कर ली जाये इस कार्यक्रम का प्रसारण दूरदर्शन के राष्ट्रीय चैनल पर किया जायेगा आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर प्रदेश कांग्रेस सलाहकार समिति की आज बैठक में भी पार्टी की ग्रटबाजी खूलकर सामने आ गयी पटना स्थित प्रदेश कार्यालय सदाकत आश्रम में आयोजित बैठक में आगे की रणनीतियों को लेकर चर्चा हुई लेकिन बैठक में आमंत्रित सदस्यों में सदानंद सिंह निखिल कुमार समेत कई वरिष्ठ नेता शामिल नहीं हुए राजधानी पटना समेत प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में आकाश में बादल छाये हुए हैं कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हुई है पिछले चौबीस घंटों के दौरान गया में सबसे अधिक अठाईस दशमलव दो मिलीमीटर वर्षा रिकार्ड की गयी मौसम पूर्वान्रमान में बताया गया है कि अगले चौबीस घंटों के दौरान पटना गया भागलपुर और पूर्णिया समेत राज्य के अधिकतर भागों में बादल छाये रहेंगे और कुछ स्थानों पर गरज के साथ तेज बारिश होगी इधर गंगा के बढ़ते जलस्तर के कारण बेगूसराय के बछवाड़ा प्रखंड के कई गांवों में बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है मुंगेर और भागलपुर में भी तटीय इलाकों में गंगा का पानी प्रवेश कर जाने से जनजीवन प्रभावित हुआ है जिला प्रशासन हालात पर नजर बनाये हुए है सीतामढ़ी जिले के सुप्पी थाना क्षेत्र अंतर्गत अखता गांव में अपराधियों ने एक महिला समेत तीन लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी अपर पुलिस अधीक्षक अभियान विजय शंकर सिंह ने बताया कि हत्याकांड के पीछे आपसी विवाद है उन्होंने बताया कि इस मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आठ लोगों को गिरफ्तार किया है इनके पास से बंदूक और कई खाली कारतूस बरामद किये गये हैं जयनगर से सियालदह जाने वाली गंगा सागर एक्सप्रेस ट्रेन का परिचालन कल रद्द कर दिया गया है वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक सह मीडिया प्रभारी वीरेन्द्र कुमार ने बताया कि गंगा सागर एक्सप्रेस ट्रेन आज सियालदह से रवाना नहीं होगी जिससे इसका रैक जयनगर नहीं पहुंचने के कारण कल इस ट्रेन का परिचालन रद्द रहेगा गोपालगंज जिले के थावे थाना क्षेत्र अंतर्गत नारायणपूर गांव में छापेमारी कर पुलिस ने शराब की बड़ी खेप के साथ चार तस्करों को गिरफ्तार किया है पुलिस ने बताया कि नारायणपुर गांव स्थित ईंट भट्टे पर एक ट्रक से तीन सौ छियालीस कार्टन शराब बरामद की गयी है

पटना जिले के जक्कनपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत करबिगहिया से पुलिस ने एक मूर्ति तस्कर को गिरफ्तार किया है

महिला दारोगा अभ्यर्थियों ने बहाली के नियमों में बदलाव की मांग को लेकर पटना के करगिल चौक पर प्रदर्शन किया इनकी मांग है कि सामान्य और पिछड़ा वर्ग की महिला अभ्यर्थियों के लिये लंबाई की न्यूनतम सीमा एक सौ साठ सेंटीमीटर से घटाकर एक सौ पचपन सेंटीमीटर की जाये पूर्णियां जिले के डगरूआ थाना क्षेत्र अंतर्गत टोली पंचायत के बंदरक गांव से अपराधियों ने एक चार वर्षीय बच्चे का अपहरण कर लिया पुलिस उपाधीक्षक मनोज राम ने बताया कि मामले की प्राथमिकी दर्ज कर बच्चे की सकुशल बरामदगी के लिये छापेमारी की जा रही है